प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की है कि हरियाणा सरकार लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दे रही है रोहतक में आज विजय संकल्प रैली को सम्बोधित करते हये श्री मोदी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा में सफल रहा है यहां जिस तरीके से लिंगान्पात में संत्लन आया है और लड़कियों की संख्या बढ़ी है इस बात की चर्चा पूरे देश में है प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा के लोगों को केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी के अग्वाई में सरकार होने का फायदा हआ है और राज्य में भी इसका लाभ हआ है

प्रधानमंत्री ने रोहतक में कम कीमत वाले घरों के कम्पलैक्स दल्हेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी का प्र्ननिर्माण और फरीदाबाद मे इंटीग्रेटड कमांड और कंट्रोल केन्द्र का भी उदघाटन किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने ई गवर्नेस के माध्यम से हरियाणा वासियों को ऐसी सेवायें देने का काम किया जिन्हें पाने के लिए वे पहले सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटते रहते है

हरियाणा के स्वास्थ्य खेल एवं य्वा कार्यक्रम मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के तहत करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास कर क्षेत्रवासियों को इसकी सौगात दी

स्वास्थ्य मंत्री ने इस मौके पर लोगों को सम्बोधित करते हए कहा कि भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास रखती है तथा पिछले पांच वर्षो में अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र में इतने विकास कार्य हए हैं जितने पिछले कई दशकों में नही हए उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षो विधानसभा क्षेत्र का कोई भी कोना ऐसा नही है जहां पर विकास कार्य नही हूए हों

जहां लोग अपने कोई भी सामाजिक या अन्य कार्यक्रम कर सकते हैं

इसरो के अध्यक्ष के सीवन ने ये जानकारी देते हये बताया कि हालांकि अभी लैंडर विक्रम से संचार श्रू नहीं हो पाया है और वैज्ञानिक इसके लिए लगे हऐ है मालूम हो कि कल चंन्द्रमा की सतह पर धीरे धीरे उतरते हये चन्द्रयान से लेंडर विक्रमक सम्पर्क टूट गया था

नई दिल्ली में प्रैस वार्ता को सम्बोधित करते हये श्री जावड़ेकर ने कहा कि जम्मू और कश्मीर का पूर्नगठन तथा लद्दाख को को केन्द्र शासित प्रदेश बनाया जाना एक महत्वपूर्ण निर्णय था

सुचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि इन निर्णयों को लागू किये जाने के तैयारी आम चूनाव से पूर्व की गई थी क्योंकि ये सभी राष्ट्र हित से जुड़े थे उन्होंने कहा कि ये निर्णय कृषकों गरीबों श्रमिकों अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लोगों के विकास से जुड़े है श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस दौरान भ्रष्टाचार से जुड़े कई अधिकारियों को भी पकड़ा गया ताकि पारदर्शिता को और बढ़ावा दिया जा सके और देश में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है

उन्होंने कहा कि इस दिशा मे किये गये निर्णयों में पब्लिक सेक्टर बैंकों का विलयीकरण तथा उसके जरिये अतिरिक्त ऋण दिये जा सकने की पहल शामिल है

इस मौके पर बोर्ड कर्मचारियों को ना केवल पदोन्नति का तोहफा मिला बल्कि सातवें वेतन आयोग का भी उन्हें जल्द लाभ दिए जाने की बात बोर्ड अधिकारियों ने कही

उधर फरीदाबाद मे पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन दवारा थीम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर राहगिरी कार्यक्रम ध्मधाम से मनाया गया

भिवानी प्लिस ने भी राहगिरी कार्यक्रम को अनूठे अंदाज में मनाया